प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना में और प्रगति होगी करीब करीब एक साल से भी अधिक समय हो गया है इस दौरान देश में दो करोड़ साठ लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है श्री मोदी ने कहा कि जनभागीदारी से किसी भी योजना को सफल बनाया जा सकता है जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं तो मुझे यह पक्का विश्वास है यह योजना जो सोचा है उससे जल्दी होगी हो सकता है पैसे भी बचा र्ल आप लोग और अच्छा काम करे क्योंकि जनमागीदारी होती है बहुत बड़ा परिणाम मिलता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाए पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझती हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार विंध्य क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के प्रयास कर रही है क्षेत्र में बरसों से लटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से करीब तीन हजार गांव के लोगों को लाभ होगा

सरकार ने तीन सौ बीस करोड़ रुपये से अधिक लागत की अट्ठाइस खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है इन परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से एक सौ सात करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की मदद मिलेगी

ये परियोजनाए मध्य प्रदेश ग्जरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर कर्नाटक तमिलनाडु उत्तराखंड असम और मणिपुर राज्यों में संचालित होंगी देश में कोविड नाइंटीन के पैंतालिस हजार से अधिक नए मामले मिलने के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या नब्बे लाख पंचानबे हजार से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों में हई पांच सौ एक मौतों को मिलाकर इस महामारी से अब तक एक लाख तैंतीस हजार दो सौ सत्ताइस लागों की मृत्यु हो चुकी है पिछले चौबीस घंटों में तिरानबे हजार चार सौ तिरानबे लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई अब तक पचासी लाख इक्कीस हजार छह सौ सत्रह लोग संक्रमण से उबर चुके हैं केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय दलों को भेजा है इन राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है तीन सदस्यीय केन्द्रीय दल कोविड संक्रमण बढ़ने वाले जिलों का दौरा करेंगे ये दल संक्रमण को रोकने निगरानी नमूनों की जांच तथा संक्रमण ग्रस्त लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करेंगे

ज़िलाधिकारी अनुज झा ने बताया है कि मेले के दौरान धार्मिक नगरी में भीड़ को रोकने के लिये परिक्रमा मार्ग के दायरे में तेरह जगहों पर वैरियर लगा दिये गये हैं अयोध्या के स्थानीय नागरिक पहचान पत्र दिखा कर ही नगर में प्रवेश पा सकते हैं जिला प्रशासन ने देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्वाल्ओं से अपील की है कि वह कार्तिक मेले के दौरान अयोध्या न आयें और अपने घरों में रह कर ही पूजा अर्वना करे चौदह कोसी परिक्रमा पचकोसी परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्वाल अयोध्या आते हैं अयोध्या में कार्तिक मेला शुरू हो चुका है कल चौदह कोसी परिक्रमा शुरू होगी जबकि पच्चीस नवम्बर को पंचकोसी परिक्रमा है और तीस नवम्बर को पूर्णिमा स्नान तक कार्तिक मेला जारी रहेगा